उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर कुछ लोग पुरानी व्यवस्था का चयन करते हैं तो वह भी जारी रहेगी

अब तक दो लाख अठाईस हजार सात सौ अंठानवे लोग हो चूके हैं स्वस्थ और आज विश्व एड्स दिवस है

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

वाराणसी में एक सभा में उन्होंने कहा कि सरकार न केवल किसानों को नए बाजार के अवसर प्रदान करना चाहती है बल्कि मंडी व्यवस्था को भी मजबूत करना चाहती है प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि नए कृषि सुधारों ने किसानों को नए विकल्प और नई कानूनी सुरक्षा दी है और अगर कोई पुरानी प्रणाली जारी रखना चाहता है तो वह भी उपलब्ध है

पहले तो मंडी के बाहर हुए लेनदेन ही गैरकानूनी माने जाते थे ऐसे में छोटे किसानों के साथ अक्सर धोखा होता था विवाद होते थे क्योंकि छोटा किसान तो मंडी पहुंच ही नहीं पाता था अब ऐसा नहीं है अब छोटे से छोटा किसान भी मंडी से बाहर हुए हर सौदे को लेकर कानूनी कार्यवाही कर सकता है

प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार नेक इरादों से साथ काम कर रही है और अब देश के किसान आत्मनिर्भर भारत अभियान का नेतृत्व करेंगे प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कृषि सुधारों के बारे में विपक्ष द्वारा गलत सूचना फैलाई जा रही है उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों के नाम पर पहले भी कई पैकेज और योजनाओं की घोषणा की गई थी लेकिन उनका लाभ किसानों तक कभी नहीं पहुंचा प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि जिन किसानों को कृषि सुधारों पर कुछ संदेह है वे अवश्य ही भविष्य में इन कृषि सुधारों का लाभ भी लेंगे और अपनी आय में वृद्धि करेंगे श्री मोदी ने कहा कि अब सरकार किसानों की सहायता कर रही है और उन्हें बीज सिंचाई सुविधा बाजार और बीमा कवर प्रदान करके उनकी आय बढ़ाने की कोशिश कर रही है बाईट बीते सालों में फसल बीमा हो या सिंचाई बीज हो या बाजार हर स्तर पर काम किया गया है

श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान एनडीए सरकार ने यूपीए सरकार के दूसरे पांच वर्ष के कार्यकाल की तुलना में किसानों के उत्पादों की खरीद कई गुना अधिक की है श्री मोदी ने कहा की लॉकडाउन अवधि के दौरान भी सरकार ने किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराया है उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार मंडियों को आधुनिक बनाने के लिए करोड़ों रुपये खर्च कर रही है प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि विपक्ष के पास सरकार की नीतियों के बारे में गलत सूचना फैलाने की प्रवृत्ति है और उन्होंने पीएम किसान निधि योजना के साथ भी ऐसा ही किया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोन्द्र के कृषि सुधार कानूनों का समर्थन करते हुये कहा है कि इससे फसल खरीद में कोई बाधा नहीं आयेगी पटना में पत्रकारों से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि कृषि सुधारों को लेकर गलतफहमी पैदा की जा रही है उन्होंने कहा कि बिहार में वर्ष दो हजार छह से ही किसानों के हित में इस तरह की व्यवस्था प्रभावी है और यहां के किसानों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हुयी श्री कुमार ने कहा कि किसानों के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है उसको लेकर बातचीत होनी चाहिए ताकि किसानों को सही जानकारी मिल सके केन्द्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि लोग संसद से पारित कृषि सुधारों से संबंधित कानूनों के बारे में कोई गलतफहमी न रखें एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि पंजाब के किसानों ने पिछले साल के मुकाबले इस साल बाजार में ज्यादा और ऊंची दरों पर अपनी फसलें बेची हैं श्री जावडेकर ने स्पष्ट किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एम एस पी अभी जारी है और मंडियां काम कर रही हैं तथा फसलों की सरकारी खरीद भी चल रही है केन्द्र सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई सुधार किए हैं किसान अब राज्य के बाहर भी अपनी उपज बेच सकते हैं परिणामस्वरूप किसान अब राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित मंडियों या बाजारों में बिक्री पर लागू अतिरिक्त बाजार शुल्क उपकर या लेवी का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं हैं बाईट किसानों को अपनी उपज को स्थानीय मंडियों में बेचने की बाध्यता से मुक्त करने से बडे बिचौलियों और उनके साथियों में बेचौनी पैदा हुई है ये लोग किसानों और ग्रामीण समुदाय का लगातार शोषण करने के लिए अब भी बेचौन हैं किसानों को बिचौलियों खरीदारों और विपणा समितियों के बीच के गठजोड के कारण मजबूरी और जल्दबाजी में अपनी उपज को बेचना पडता था परंतु अब उन्हें अपनी कृषि उपज को बेचने के लिए कई अन्य विकल्प उपलब्ध हुए हैं

सुपर्णा सेकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अतहर सईद केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्धन ने कहा है कि सरकार जुलाई महीने तक तीस करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने की योजना पर काम कर रही है उन्होंने कहा कि आने वाले तीन से चार महीनों के अंदर भारत के पास वैक्सीन उपलब्ध हो जाने की सम्भावना है डॉक्टर हर्षवर्द्वन ने कहा कि सरकार टीकाकरण की योजना की तैयारियों में जुटी हुई है प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर दो लाख अठाईस हजार सात सौ अंठानवे हो गयी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार स्वस्थ होने की दर संतानवे दशमलव एक एक प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत से तीन प्रतिशत से अधिक है राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या पांच हजार पांच सौ तिरेपन है वहीं कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर एक हजार दो सौ चौंसठ हो गया है इस बीच स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने अधिकारियों को प्रति दिन कम से कम बीस हजार आरटीपीसीआर जांच करने का निर्देश दिया है उन्होंने इसके लिए काम करने की अवधि बढ़ाने और अन्य जरूरी सुविधाओं के विस्तार का निर्देश दिया उन्होंने कहा कि कोरोना की पचहत्तर प्रतिशत जांच आरटीपीसीआर से कराने का लक्ष्य है प्रदेश में उत्तर पश्चिमी हवा के प्रभाव से ठंड और कनकनी में बढ़ोतरी हुई है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक अमित कुमार ने बताया कि उत्तर भारत में शीतलहर और बर्फबारी होने से राज्य में ठंड बढ़ेगी उन्होंने बताया कि जल स्त्रोतो के नजदीकी क्षेत्रों में सुबह में कुहासा भी छाया रहेगा

इस दिन का आयोजन लोगों को एचआईवी एड्स के प्रति जागरूक करने के लिए किया जाता है एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की संक्रमण से लड़ने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है अब तक एड्स का कोई प्रभावी इलाज नहीं ढूंढा जा सका है जागरूकता ही इस बीमारी से बचने का एक मात्र प्रभावी उपाय है इस अवसर पर आज राज्यभर में कई कार्यक्रम आयोजित कर लोगों को एड्स के प्रति जागरूक किया जा रहा है इस वर्ष विश्व एड्स दिवस की थीम है उन्नत और कारगर ढंग से एचआईवी एड्स महामारी का समापन सरकार एड्स की रोकथाम के लिये राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चला रही है दो हजार तीस तक एड्स के खात्मे का सतत विकास लक्ष्य हासिल करने के लिये सरकार ने दो हजार सत्रह से दो हजार चौबीस तक सात वर्षीय राष्ट्रीय कार्य योजना भी तैयार की है रेलवे ने यात्रियों की सूविधा के लिए पांच स्पेशल पूजा ट्रेनों के परिचालन अवधि में विस्तार किया है दरभंगा जालंधर सिटी स्पेशल ट्रेन सहरसा अमृतसर साप्ताहिक ट्रेन और सहरसा आनंद विहार टर्मिनल साप्ताहिक ट्रेन अब इकतीस दिसम्बर तक अप और डाउन में चलायी जायेगी इसके अलावा पुणे दरभंगा साप्ताहिक ट्रेन तीस दिसम्बर तक और पुणे बरौनी द्वि साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन उनतीस दिसम्बर तक होगा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने खाताधारकों की समस्याओं के समाधान के लिए एक वाट्सएप नम्बर सात शून्य शून्य चार शून्य चार दो दो एक नौ जारी किया है खाताधारक इस नम्बर पर खाते से पैसे निकासी से लेकर किसी अन्य समस्या के समाधान के लिए सम्पर्क कर सकते हैं आज से बैंक ग्राहकों को चौबीस घंटे सातो दिन आरटीजीएस की सुविधा मिलनी शुरू हो गयी है पहले यह सुविधा सिर्फ सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक ही उपलब्ध थी वहीं पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम से दस हजार से अधिक की निकासी पर आज से ओटीपी अनिवार्य कर दिया गया है बिहार के रहने वाले उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के नये महासचिव नियुक्त किये गये हैं उन्नीस सौ छियासी बैच के आईएएस अधिकारी श्री सिंह जमुई जिले के मलयपुर गांव के रहने वाले हैं वे उतराखंड कैडर के अधिकारी हैं सारण जिले के दिघवारा थाना क्षेत्र में तीन मोटरसाईकिलों के बीच हुई आपसी टक्कर में दो लोगों की मौत हो गयी जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गये नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र के प्राणचक गांव में एक सेवानिवृत्त दारोगा की पत्नी और उसके दो बच्चों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी नवादा के प्रभारी एसपी आनंद कुमार ने बताया कि मामले की जांच चल रही है बक्सर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के करहंसी पंचायत के पूर्व मुख्यिा के पुत्र की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी वहीं पूर्णियां के भवानीपुर बाजार के गोपालिकापट्टी में अपराधियों ने लूट की घटना के दौरान एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी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 हिन्दुस्तान ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है किसानों से छल करने वाले भ्रम फैलाने में जुटे दैनिक जागरण की सुर्खी है दीघा एम्स एलिवेटेड रोड से सुगम हुई उत्तर दक्षिण बिहार की राह प्रभात खबर ने लिखा है आज से बिहार में फिर बढ़ेगी ठंड छायेगा कोहरा दैनिक भास्कर लिखता है राज्य के मिडिल स्कूलों में आठ हजार फिजिकल टीचर की नियुक्ति प्रक्रिया नये वर्ष में शुरू होगी दैनिक आज ने लिखा है दिसम्बर में बारह दिन बैंक रहेंगे बंद राष्ट्रीय सहारा ने किसान आंदोलन से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह देते हुये लिखा है किसानों के तेवर और कड़े

उन्होंने आश्वासन दिया कि अगर कुछ लोग पुरानी व्यवस्था का चयन करते हैं तो वह भी जारी रहेगी

अब तक दो लाख अठाईस हजार सात सौ अंठानवे लोग हो चुके हैं स्वस्थ और आज विश्व एड्स दिवस है